हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रवासी श्रमिकों को उनके ग़ह राज्यों में भैजने का सिलसिला आज भी जारी रहा

हरियाणा का नूहं जिला कोरोना मुक्त हआ

केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर ज़ोर दिया है द्रदर्शन् के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि देश को उन चीजों का आयात करनी होगा जो इसकी अपनी जरूरत पूरी करने और निर्यात के लिए उत्पादन में सहायक हो सके वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरीके के साथ आत्मनिर्भर पैकेज बनाया है ये उन लोगों की त्रंत मदद करेगा जिन्हें अर्थव्यवस्था के विकास के लिए त्रंत अतिरिक्त पूंजी की आवश्यक्ता है उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही में लिये गये फैसले के बारे में बात करते हये श्रीमती सीतारमन ने कहा कि यह समय पर लिया गया फैसला है जिसे बाजार में नकदी का प्रसार बढ़ेगा देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ाने इस साल अगस्त से पहले बहाल हो जायेगी

उन्होंने कहा कि घरेल् हवाई उड़ानों में वृद्वि प्रारंभिक चरण के मूल्यांकन पर निर्भरकरेगी

मंत्री ने हवाई जहाज में यात्रा से पहले आरोग्य सेत् एप्प डाउनलोड करने के मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि अगर किसी यात्री के फोन पर यह एप्प नहीं है तो उनके यात्रा से पहले एक स्व घोषणा फार्म भरना होगा

हरियाणा से प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में भेजने का सिलसिला भी जारी रहा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कृषि श्रमिक सरसों व गेहं की कटाई के बाद यहां फंसे हये थे उपाय्क्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि श्रमिकों को प्रोटोकल के अनुसर जाने से पहले चिकित्सा जांच कीगई उन्हें राहतशिविर से रेलवे स्टेशन तक रोडवेज की बसों में लाया गया उन्हें जाने से पलहे रास्ते के लिए भोजन व पेयजल भी मुंहैया करवाया गया

वहां पर मास्क सैनेटाइज़र व खाना आदि देकर उन्हें रेलगाड़ी में बिठाया गया

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में फिर से कोरोना मामले आने के बाद कोलोनी मे नमूनों की जांच के लिए सैम्पलिंग सेंटर स्थापित किया गया है

प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जहां भी कोरोना पोजिटिव मामले आते है उस इमारत में रहने वाले लोगों के नमूनों की जांच करने का निर्णय लिया है

इनमें ग्रूग्राम से आई एक महिला और ग्रूग्राम में तैनात तिगडाना गांव के एक जवान शामिल है प्लिस जवान के परिजनों को घर में ही संगरोध में रखने के बाद गांव की नाकाबंदी कर दी गई है हमारे संवाददाता ने बतायाकि चरखी दादरी में पांच मरीज़ों में से तीन की दूसरी रिपोर्ट भी नेगीटिव आ गई है उन्हें अस्पताल से छ्टटी दी जा रही है

उन्होंने लोगों से घरों में रहकर शारीरिक द्री का पालन करने सैनेटाइज़र और साब्न का नियमित इस्तेमाल करने का अपील की है

इंडियन रेडक्रास सोसायटी के हरियाणा इकाई के सचिव डी आर शर्मा ने भी पचंकला रेडक्रास क्रास सोसायटी दवारा चलाई जा रही इस सेवा की सराहना की है

अपने गृह राज्यों में जाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को रेलवे की ऑन लाइन ब्किंग के साथ साथ सांझा सेवा केन्द्रो पर भी टिकेट ब्किंग की सेवा देने के लिए सरकार का आभार जताया है करनाल में बिहार और उत्तरप्रदेश के कई प्रवासी श्रमिकों ने आकाशवाणी को बताया कि इससे उन्हें स्विधा होगी क्योकि ऑन लाइन ब्किंग की जानकारी न होने के कारण वे टिकट ब्क नहीं करवा पर रहे थे हमारे संवाददाता ने बताया कि कि रेलवे स्टेशन पर शारीरिक द्ररी का ध्यान रखते ह्ये तय समय पर टिकट बुकिंग की जा रही है आज ग्रूग्राम के खेड़कीदौला इलाके में सैनेटाइज़र बनाने की एक फैक्ट्री में आग लग गई

आग लगने के कारणों की अभी जानकारी नहीं मिली है

कड़ी म्शक्क्त के बाद आग पर काबू पाया जा सका आग से होने वाले न्कसान का आंकलन अभी नहीं हो पाया है